इसके तहत बारह अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी इस अभियान का उद्देश्य कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट कर समुचित इलाज उपलब्ध कराकर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोडना है इस दौरान संक्रमित मरीजों को आवश्यकतानसार आइसोलेट करने या कोविड केयर सेंटर में इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी इस अभियान में संबंधित क्षेत्र की भितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीएचओ के अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विमाग सहित नगरीय प्रशासन विमाग के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई जाएगी जो गांव और शहर में घर घर जाकर सर्वे करेंगे इस बीच सभी जिलों के कलेक्टरों ने नागरिकों से सर्वे टीम को सही जानकारी देने और उन्हें सहयोग करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ शरीर में दर्द दस्त या उल्टी होना सूंघने या स्वाद में कमी जैसे लक्षण हैं या कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीडित हैं या साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं के अलावा जिनके घरों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वे सर्वे टीम को अपनी जानकारी देकर जांच अवश्य कराएं स्वास्थ्य मंत्री अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढंढना होगा उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की है अपनें साप्ताहिक संवाद में उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है

श्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों को खोलने के बारे में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर ही निर्णय लिया जाएगा

सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों को किस्त चुकाने में छह महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था गौरतलब है कि केन्द्र सरकार को चक्रवृद्धि व्याज न लेने का प्रावधान करने के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी और इससे छोटे उद्योगों को तीन दशमलव सात लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी

बताया जाता है कि माओवादी कमांडर रमेश पिछले कई दिनों से बीमार था इस बीच प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आज तेलंगाना के मुलगू जिले में आयोजित माओवाद अभियान की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया मिली जानकारी के अनुसार माओवाद अभियान के विशेष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जूनेजा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक डी प्रकाश और बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी इस बैठक में शामिल हुए रावण पतला दहन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन ने विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार इस बार दस फीट से अधिक ऊंचाई के रावण के पृतलों का दहन नहीं किया जा सकेगा रायपुर जिले के अपर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया है कि पृतला दहन कार्यक्रम के लिए आयोजको को शपथ पत्र देने पर ही अनुमति दी जाएगी वहीं कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी साथ ही प्तला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित पचास से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे सांस्कृतिक सहित अन्य सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक रहेगी वहीं राजनांदगांव जिला प्रशासन ने भी विजयादशमी पर्व और पुतला दहन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे पूतला दहन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बाजार मेला स्वागत प्रसाद वितरण या पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी साथ ही पुतला दहन के दौरान किसी तरह की सजावट या लाइटिंग की अनुमति भी नहीं होगी इसके अलावा रावण दहन क्षेत्र में यदि कोई कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है तो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाएगा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क लगाना और सैनिटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा राजकीय शोक केन्द्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झका रहेगा इस अवधि में शासकीय स्तर पर कोई भी मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा गौरतलब है कि कुवैत के अमीर का निधन बीते उनतीस सितंबर को हुआ था

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री सुर्पोषण अभियान से संबंधित कॉफी टेबल ब्रक और महिला तथा बाल विकास विमाग की पत्रिका का विमोचन भी करेंगे साथ ही सपोषण अभियान पर तैयार वृत्त चित्र और कुपोषण की रोकथाम के लिए बनाई गई फिल्म का अवलोकन भी करेंगे इसके अलावा श्री बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुपोषण अभियान से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे वहीं मुख्यमंत्री कल ही मोर बिजली ऐप के नये वर्जन का शुभारंभ भी करेंगे इस ऐप के जरिये बिजली उपभोक्ता बिजली से संबंधित सोलह से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकेंगे यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है मछली पालन ठगी प्रदेश के मछली पालन विभाग के संचालक ने राज्य के लोगों से मछली पालन के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने की अपील की है उन्होंने कहा है कि राज्य में कुछ अशासकीय संस्थाओं और फर्मो द्वारा मछली पालन करने वाले किसानों की जमीन पर तालाब बनवाकर मछली पालन व्यवसाय का लालच दिए जाने की शिकायत मिली है उन्होंने बताया कि ठगी करने वाले लोग किसानों को एक निश्चित मासिक आय का लालच भी दे रहे हैं साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या राशि दोगुना करने का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है संचालक ने बताया कि राज्य सरकार या मछली पालन विभाग ने ऐसी किसी भी योजना को प्रमाणित नहीं किया है उन्होंने मछली पालन करने वाले किसानों को ऐसी किसी ठगी से बचने और सावधान रहने की सलाह दी है मुख्यमंत्री वन उद्योग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि राज्य सरकार उद्यमियों को वन आधारित उद्योग लगाने के लिए हरसंभव मदद देगी उन्होंने इसके लिए राज्य के उद्यमियों से आगे आने का आव्हान किया है श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हए कहा कि वन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ग्रामोद्योग प्रदेश के ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा है कि ग्रामोद्योग के उत्पादों की ई कॉमर्स में सहभागिता बढी है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामोद्योग को बढावा देने और इसे लोगों के स्वावलंबन से जोडने का प्रयास किया जा रहा है जिसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं गौरतलब है कि महात्मा गांधी की एक सौ इंक्यावनवीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जन मृण्डा द्वारा ट्राईफेड ई मार्केट का श्रभारंभ किया गया इसमें छत्तीसगढ़ का विशेष प्रतिनिधित्व रहा सहायक प्राध्यापक परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है यह परीक्षा पांच नवंबर से आठ नवंबर तक आयोजित की जाएगी गौरतलब है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के तेरह सौ चौरासी पदों पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जानी है गण्डाधर सम्मान आवेदन प्रदेश में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले गृण्डाध्र और महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार के लिए पंद्रह अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं राज्य शासन द्वारा चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये नगद के साथ अलंकरण फलक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा इच्छक खिलाडी अपना आवेदन संचालनालय खेल और युवा कल्याण तथा जिला कार्यालयों में जमा कर सकते हैं ठग गिरफ्तार बालोद जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है प्रलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा ने भीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस गिरोह के सदस्यों द्वारा मोबाइल कार या अन्य घरेलू सामानों को सोशल मीडिया पर बेचने का विज्ञापन दिया जाता है इस दौरान इनके द्वारा अपना परिचय सेना के जवान के रूप में दिया जाता है उन्होंने बताया कि इस गिरोह के बैंक खातों से करीब पचास लाख रूपये के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है गौरतलब है कि जिले के देवरी थाना में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से करीब सैंतीस हजार रूपये की ठगी का मामला दर्ज कराया गया था जिसर्क बाद पुलिस ने राजस्थान के अलवर जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है दुर्घटना बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए हैं बलौदबाजार भाटापारा जिले में आज एक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई बताया जाता है कि बलौदाबाजार के गिघौरी थाना क्षेत्र में महानदी पूल पर दोपहिया सवार मां बेटी एक ट्रेलर की चपेट में आ गए इस हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं उसकी मां ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इधर दूर्ग जिले के बालोद सड़क मार्ग पर कृथरेल गांव के पास बीती रात दो मोटरसाइकिल की आपसी भिडंत में दो युवक सहित एक अधेड की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है उघर रॉयगढ़ जिले में जिंदल विमानतल के पास एक एंबुलेंस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई वहीं चार अन्य लोग घायल हो गए हैं मौसम अगले चौबीस के घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विमाग केन्द्र के मौसम विज्ञानी आरके वैश्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाब के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है वहीं कुछ हिस्सों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं इस बीच महासमुंद जिले के तेंदूकोना और पिथौरा क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक अच्छी बारिश हुई वहीं महासमुंद सहित शहर के आसपास क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी होने की खबर है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रानी दुर्गावती के जन्मदिवस पर उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने कहा है कि रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम समय तक मुगलों से लड़ती रहीं और वीरगति को प्राप्त हुई राजनांदगांव नगर निगम ने समाजसेवी नीमा राजावत को स्वच्छता अभियान के साथ ही शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है कोंडागांव जिले में कोरोना वायरस की एंटीजन जांच के लिए दस नए केन्द्रों की शुरूआत की गई है इन केन्द्रों में निःशल्क जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी महासमुंद जिले के कृषि विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप संचालक बीपी चौबे को आर्थिक अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है कोंडागांव जिले के केशकाल में एक महिला के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है इस मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है राजनांदगांव में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में नगर निगम को चार गाड़ियां मिली हैं इनके माध्यम से रक्तचाप और मधुमेह सहित अन्य रोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी महासमुंद जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन इकतीस अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं कोंडागांव जिले के गोलावंड स्थित एकलव्य आदर्श आवासीस विद्यालय में रिक्त सीटों पर छात्रों के दाखिले के लिए आठ अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कोरिया जिले में खनिज का अवैध परिवहन करने के मामले में तेईस वाहनों को जब्त किया गया है वहीं राजनांदगांव जिले की बसंतपुर पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करने के मामले में चार ट्रकों को जब्त किया है